महाराष्ट्र में दो सौ अटठासी और हरियाणा में नब्बे विधान सभा सीट के लिए एक ही दिन इक्कीस अक्टूबर को चुनाव होंगे दोनों राज्यों में चुनाव की तारीख की घोषणा के साथ ही आदर्श अचार संहिता लागू हो गई है उम्मीदवारों को क्रिमिनल रिकॉर्ड और संपत्ति की जानकारी के साथ साथ तीस दिनों में चूनाव खर्च की जानकारी देनी होगी चूनाव आयोग ने राजनीतिक दलों से प्रचार सामाग्री में प्लास्टिक का उपयोग न करने की अपील की है अरुणाचल प्रदेश के खोंसा वेस्ट विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव की घोषणा कर दी गई है निवर्तमान विधायक तिरोंग आबोह की उग्रवादी हमले में मौत से रिक्त इस सीट के लिए उपचुनाव आगामी इक्कीस अक्टूबर को ही होंगे इस चुनाव में दस हजार एक सौ पच्चासी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे इस क्षेत्र में कूल तैईस मतदान केंद्र है केंद्रीय रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगाडी ने कल राजधानी क्षेत्र ईटानगर के नाहरलगुन रेलवे स्टेशन और स्टेशन पर खड़ी ट्रेन का निरीक्षण किया उन्होंने स्टेशन पर तैनात रेल कर्मियों और सफाई कर्मियों से भी मुलाकात की बाद में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए केंद्रीय रेल राज्य मंत्री ने कहा कि केंद्र ने अरुणाचल प्रदेश सहित पूर्वोत्तर के सभी आठ राज्यों में रेल नेटर्वक के विस्तार के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाये है राज्य में महत्वपूर्ण ट्रेनों के फ्रीक्वेंशी बढ़ाने और नई ट्रेनों को चलाने की मार्ग पर उन्होंने कहा कि इसकी संभावनाओं पर विचार किया जायेगा उन्होंने मुख्यमंत्री और राज्यपाल के साथ हुई मुलाकात का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य में प्रस्तावित और चल रही परियोजनाओं पर विस्तार से चर्चा की श्री अंगाडी ने बताया कि रेल मंत्रालय ने रणनितिक रुप से महत्वपूर्ण मिसामारी तवांग रेल लाईन के सर्वेक्षण शुरु किये जाने के निर्देश दे दिये है मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने बड़े निवेशकों को लुभाने के लिए अरुणाचल प्रदेश में निवेश के अनुकूल माहौल बनाने की आवश्यकता पर बल दिया उन्होंने कहा कि निवेश की संभावना वाले सभी विभागों को समन्वय से काम करना चाहिए और राज्य में एक निवेशक अनुकूल माहौल बनाना चाहिए श्री खांडू ने कल मुख्य सचिव नरेश कुमार के साथ निवेश और आगे बढ़ने के मार्ग पर एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह बात कही उन्होंने दस अक्टूबर तक नवीनतम तथ्यों और आंकड़ों के हर विवरण के रोडमैप तैयार करने के लिए संभावित विभागों को निर्देशित किया उन्होंने कहा जब तक सभी विवरण सरकार के पास उपलब्ध नहीं होंगे तब तक निवेशकों को राज्य में आमंत्रित करना संभव नहीं होगा राज्यपाल डॉ बी डी मिश्रा ने राज्य के शिक्षकों से अपनी कार्यों के लिए प्रतिबद्ध होने पर जोर देने का आग्रह किया है राज्यपाल ने कल राजभवन में वरिष्ठ अधिकारियों और शैक्षणिक संस्थानों के प्रमुखों के साथ बैठक के दौरान यह बात कही उन्होंने उच्च और तकनीकि शिक्षा पर विशेष ध्यान देने और उच्च शिक्षा में सुधार के लिए सरकार के प्रयास को सुढ़ढ़ करने के लिए बैठक बुलाइ थी बैठक के दौरान राष्ट्रीय शिक्षा नीति महाविद्यालयों की मान्यता शिक्षा की गुणवत्ता का उपयोग छात्र शिक्षुता और सामाजिक जिम्मेदारी पर भी चर्चा की गई प्रधानमंत्री फ्लैगशिप योजनाओं आयुष्मान भारत जन आरोग्य और पोशन अभियान पर एक संवेदीकरण कार्यक्रम कल खोंसा में आयोजित किया गया जिला शहरी विकास एजेंसी द्वारा आयोजित कार्यक्रम का उद्देश्य स्वयं सहायता समूह सदस्यों को आयुष्मान भारत जन आरोग्य और पोशन अभियान के लाभों के बारे में जागरुक करना था इस अवसर पर शहरी विकास और आवास विभाग के सहायक अभियंता एल होसाई ने आयुष्मान भारत की विभिन्न विशेषताओं और दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन की जानकारी दी उन्होंने स्वयं सहायता समूह को खोंसा में एकल उपयोग प्लास्टिक का इस्तेमाल न करने की सलाह दी और इसके खिलाफ अभियान में शामिल होने के लिए कहा मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार करने के लिए एक बड़ी कवायद शुरु की है इसका उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करना और देश को ज्ञान के क्षेत्र में महाशक्ति बनान आहै

पासीघाट में चल रहे पच्चीसवीं सीनियर वुमेन्स नेशनल फुटबॉल प्रतियोगिता में रेलवेस और पूर्व विजेता मणिपूर फाईनल में पहुंच गई है